मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में लाभार्थियों को ई मित्र पर रजिस्ट्रेशन का नहीं देना होगा कोई शुल्क

बीकानेर में मेगा फूड पार्क खोलने को केन्द्र ने दी मंजूरी कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरते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

उन्होंने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में कल विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की श्री मोदी ने उनके साथ तनाव और चिंता से मुक्ति के मंत्र साझा किये प्रधानमंत्री ने अभिभावकों से कहा कि वे बच्चों पर दबाव न बनाएं और उन्हें परीक्षा का आनन्द लेने दें

पहली बार वर्च्अल माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि समय के प्रबंध के बारे में बच्चों का मार्गदर्शन करें

डॉ समित शर्मा से जयपुर के संभागीय आयुक्त की जिम्मेदारी लेकर जितेन्द्र उपाध्याय को सोंपी गई है डॉ शर्मा को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग में शासन सचिव की नई जिम्मेदारी दी गई है दिनेश यादव को उदयपुर का संभागीय आयुक्त बनाया गया है अक्षय उर्जा निगम के प्रबंध निदेशक डॉ सुबोध अग्रवाल को खान और पेट्रोलियम विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के पद पर लगाया गया है भास्कर सांवत का तबादला कृषि उद्यानिकी और सहकारिता विभाग में प्रमुख शासन सचिव के पद पर किया गया है

कल इस योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भी व्यक्ति लाभ से वंचित नहीं रहने के सभी इंतजाम किए जाएं गौरतलब है कि एक मई से लागू होने वाली इस योजना में रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य सरकार वहन करेगी

इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी में आज नई दिल्ली के एम्स में वैक्सीन की दूसरी खुराक ली उन्होंने कहा कि कोविड को हराने के लिए टीकाकरण जैसे कुछ उपाय उपलब्ध है उन्होंने पात्र लोगों से जल्द से जल्द टीका लगवाने का अनुरोध किया

इस बीच अब देश में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में काम करने वाले पात्र लोगों को भी उनके कार्यस्थलों पर ही कोविड के टीके लगाए जा सकेंगे

कोरोना जागरूकता को लेकर प्रदेश की ख्यातनाम हस्तियां भी लगातार लोगों से सतर्कता बरतने और टीकाकरण की अपील कर रही हैं इस कडी में आज देश विदेश में राजस्थान का नाम रोशन कर चुके पैरा एथलीट देवेन्द्र झाझडिया का संदेश सुनिए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

हमारे संवाददाता ने बताया कि करीब ढाई सौ करोड रूपए की लागत से बनने वाले इस फूड पार्क से स्थानीय लोगों को बडी संख्या में रोजगार के नए अवसर मिलेंगे

इस कार्यक्रम का प्रसारण सुबह दस बजे से किया जाएगा